मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारें चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें ऑक्सीजन बेड्स आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा लें जब तक कोरोना संक्रमण की चैन नहीं ट्रटेगी तब तक इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा श्री गहलोत ने कहा कि मीडियाकर्मी अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन दवाईयां और अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबर दे रहे हैं इसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें कि यह संक्रमण अभी हमसे चार गुना आगे चल रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया घर घर संदेश देने में सक्षम है कि लॉकडाउन सेमी लॉकडाउन रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और वीकएण्ड कर्फ्यू का क्या महत्व है और किस प्रकार इनको सफल बनाने के लिए हम सभी लोग आगे आयें और अत्यावश्यक परिस्थिति के अलावा घर से ना निकलें इसी से कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी और हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे

सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय राष्ट्रीयय राजामार्ग प्राधिकरण इन संयंत्रों के निर्माण के लिए नोडल एजेन्सी होगा और युद्ध स्तर पर यह कार्य पूरा करेगा

इससे मथानिया और ओसियां क्षेत्र में मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी

इस कडी में अस्पतालों में ऑक्सीजन और सभी जरूरी दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है ब्रूंदी के जिला अस्पताल में जिला कलक्टर आशीष गुप्ता ने चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को मरीजों के लिए बेहतर ईलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए उधर सवाईमाधोपुर जिला कलक्टर राजेन्द्र किशन ने कहा कि जिले में संकमण के हालात नियंत्रण में है

इसके जरिये लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने और कोविड गाईडलाईन की पालना करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के लिए जागरूक किया जा रहा है

इस कडी में आज जयपुर में भी भाजपा कार्यालय पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया